प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रमुख पार्टियों कांग्रेस और भाजपा सहित अन्य दलों ने प्रत्याशियों के चयन की प्रकिया तेज कर दी है मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज भी पाली जिले में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक कर रही है वे आज कोटा सम्भाग की शेष सीटो ओर राजसमन्द की सीटो को लेकर बातचीत करेंगी

हमारे संवाददाता ने बताया कि इस बार आदर्श मतदान केन्द्र और महिला मतदान केन्द्र विशेष व्यवस्था के रूप में स्थापित किये जा रहे है

हमारे संवाददाता ने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी ने इस संबंध में आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार दिशा निर्देश जारी किए है हनुमानगढ़ जिले में मतदाता जागरूकता के लिये स्वीप गतिविधियों के तहत साईकिल रैली का आयोजन किया गया रैली को संगरिया के उपखण्ड अधिकारी ने हरी झण्डी दिखा कर रवाना किया

बाडमेर जिले में भी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरो पर है जिला निर्वाचन अधिकारी मदन नकाते ने सभी रिटर्निंग अधिकारियों को मतदाता सूचियों में विशेष योग्यजन की पहचान कर मतदान के दिन उनको घर से बूथ तक लाने के लिये वाहन मुहैया कराने के निर्देश दिये है बूंदी में विधानसभा चुनाव में मतदान के प्रयोग के अधिकारो की जानकारी देने के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत राजकीय कन्या महाविद्यालय में मतदाता जागरूकता शिविर आयोजित किया गया इसमें छात्राओं को वीवीपैट और ईवीएम मशीनों से मतदान का तरीका तथा लाभ बताए गये और मोक पोल करवाया गया

चिकित्सा दल घर घर जाकर स्क्रीनिंग कर रहे हैं साथ ही बुखार पीड़ित व्यक्तियों और गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच भी की जा रही है

उधर निदेशक जनस्वास्थ्य डा वीके माथुर ने बताया कि केन्द्र सरकार के नियमानुसार जीका वायरस बीमारी की स्क्रीनिंग और टेस्टिंग के लिये आईसीएमआर वीडीआर लेबोरेट्री ऑफ एसएमएस हास्पिटल और नेशनल इंस्टीट्यूट आफ वायरोलाजी प्रणे को ही अधिकृत किया गया है इन दोनों प्रयोगशालाओं की जांच को ही अधिकृत माना जायेगा इसके अतिरिक्त जीका वायरस बीमारी के लिये किसी भी निजी प्रयोगशाला द्वारा की जाने वाली जांच को अधिकृत नहीं माना जायेगा राज्य में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के बन्द पड़े हुए कताई बुनाई के सेंटर्स को फिर से खोला जाएगा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के मंडल निदेशक बद्रीलाल मीणा ने कल बाड़मेर जिले के सीमावर्ती इलाकों का दौरा करने के बाद ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि सीमावर्ती ग्रामीणों को खादी से जोडकर उनकी आमदनी बढाने के प्रयास किए जाएंगे इस अवसर पर मंडल निदेशक ने खादी सम्बन्धित गतिविधियों की जानकारी ली

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ो के अनुसार थोक महंगाई में आयी तेजी की मुख्य वजह कच्चे तेल ईंधन और कोयला वर्ग की दरों में बढोतरी है सरकारी तौर पर जारी किये गए आकड़ों के अनुसार सितंबर महीने में खाने पीने की वस्तुएं शून्य दशमलव दो एक प्रतिशत महंगी हुईं नवरात्रा का पर्व प्रदेशभर में उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा हैं प्रदेशभर के शक्ति पीठों में इस दौरान विशेष धार्मिक आयोजन किये जा रहे है सीकर जिले में प्रसिद्ध जीण माता मेले में श्रद्वालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है हमारे संवाददाता ने बताया कि मेले में राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों से भक्तगण माता के दर्शन और मनौती मांगने के लिये पहुंच रहे है